कहा नई शिक्षा नीति राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण कदम इसमें युवाओं की समझ तथा सोच को प्राथमिकता दी गई है

और पछ्आ हवा चलने से पूरा प्रदेश एकबार फिर ठंड की चपेट में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

न्यायालय ने किसान संगठनों और सरकार के बीच बने गतिरोध को हल करने तथा बातचीत का रास्ता निकालने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का भी गठन किया है प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि जो लोग इस गतिरोध को दूर करने के लिए वास्तव में इच्छुक हैं वे समिति के समक्ष अवश्य उपस्थित होंगे उच्चतम न्यायालय की यह पीठ संसद द्वारा पारित तीन नए कृषि कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी पीठ ने कहा कि हम इन कानूनों की वैधता के बारे में चिंतित हैं तथा प्रदर्शनों के कारण नागरिकों के जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए भी गंभीर हैं प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि गठित की गई समिति कोई आदेश पारित नहीं करेगी और न ही किसी को दंड देगी बल्कि वह अपनी रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत करेगी उन्होंने कहा कि इस मामले में समिति न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है केन्द्र सरकार ने सीरम संस्थान को एक सौ दस लाख कोविशिल्ड टीके का ऑर्डर दिया है टीकाकरण के हर डोज के लिए दो सौ रूपये का भुगतान किया जायेगा स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने बताया कि भारत बायोटेक की ओर से उत्पादन किये गये पचपन लाख कोवैक्सीन टीके की खरीद केन्द्र सरकार द्वारा की जायेगी इसके लिए प्रति डोज दो सौ पंचानवे रूपये का भूगतान किया जायेगा राज्य स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिला अधिकारियों से कोविड उन्नीस टीकाकरण कार्यक्रम की वेबसाइट द्वारा जानकारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने को कहा है इस महीने की सोलह तारीख से स्वास्थ्य कर्मियों के टीकाकरण के साथ ही देश व्यापी टीकाकरण शुरू किया जा रहा है टीकाकरण अभियान के प्रथम दिन राज्य में कुल तीन सौ चिन्हित स्थानों पर कोविड टीका दिया जायेगा सरकार पहले दिन के टीकाकरण कार्यक्रम की समीक्षा के बाद राज्य के सात सौ स्वास्थ्य केन्द्रों में टीकाकरण स्विधा बढ़ाने का निर्णय लेगी इधर पुणे स्थित सीरम इन्स्ट्टीयूट ऑफ इंडिया से कोविड टीके की पहली खेप आज पटना पहुंच गयी है इसके अंतर्गत चौवन हजार नौ सौ वाइल पटना एयरपोर्ट पहुंची स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत और राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार पटना हवाई अड़डे पर उपस्थित थे एनएमसीएच पटना स्थित मुख्य भंडारण केन्द्र से इसे अन्य जिलों में भेजा जायेगा पटना जिले में सोलह स्थानों पर कोविड का टीका दिया जायेगा मूख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के आईजीएमएस से बिहार में कोविड टीकाकरण की शुरूआत करेंगे आईजीआईएमएस पटना के अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल ने कहा है कि देश में स्वीकृत कोविड का टीका अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के अनुरूप है और लोगों को इस संबंध में भ्रमित नहीं होना चाहिए

जिन लोगों को टीके दिये जायेंगे उन्हें भी अगले छह सप्ताह तक कोविड के दिशा निर्देशों का पालन करना होगा

टीके लेने वाले सौ लोगों पर एक चिकित्सा दल का गठन किया गया है इस दल में शामिल सभी सदस्यों को अनिवार्य रूप से अपने पास पहचान पत्र रखना होगा इसके अलावा जिन लोगों को टीका दिया जाना है उनकी प्ररी सूची टीकाकरण स्थल पर दो दिन पहले पहुंचायी जायेगी इधर विभिन्न जिला मुख्यालय से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि प्रशासन की ओर से टीकाकरण के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है औरंगाबाद के जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने बताया कि जिले में छह स्थानों पर कोविड टीकाकरण किया जायेगा

उन्होंने बताया कि सदर अस्पताल और निजी क्षेत्र के नारायण मेडिकल कॉलेज अस्पताल सहित नौ स्थानों पर टीकाकरण होगा वहीं उन्नीस स्थानों पर टीके रखने की व्यवस्था की गयी है अरवल जिले में पहले चरण में तीन हजार से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जायेगा इधर कटिहार जिले में टीकाकरण के लिए नौ केन्द्र बनाये गये हैं जहां पहले चरण में अठारह हजार स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जायेगा सीतामढ़ी जिले में टीकाकरण के लिए चौदह हजार दो सौ स्वास्थ्य कर्मियों का पंजीकरण किया गया है प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड उन्नीस के तीन सौ चौवालीस नये मामले दर्ज किये गये हैं सबसे अधिक एक सौ पैंतीस मामलों की पुष्टि पटना जिले में हुई है वहीं बेगूसराय से इकतीस जहानाबाद तथा मुजफ्फरपुर जिले में तेरह तेरह नये मामलों की पुष्टि हुई है देश में कोविड उन्नीस महामारी से स्वस्थ होने की दर बढ़कर छियानवे दशमलव चार नौ प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटों में अठारह हजार से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं जिससे महामारी का प्रकोप फैलने के बाद से अब तक स्वस्थ हुए लोगों की कुल संख्या एक करोड़ एक लाख से अधिक हो गई है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत दुनिया के उन चंद देशों में शामिल है जिनकी कोविड महामारी से ठीक होने की दर विश्व में सबसे अधिक रही है

उन्होंने कहा कि हमारे युवाओं के कंधों पर देश के भविष्य के निर्माण कार्य का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी है आज दूसरे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के समापन समारोह को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि पहले लोगों के मन में यह धारणा बन गई थी कि अगर कोई नौजवान राजनीति के क्षेत्र में आता है तो वह बर्बाद हो जायेगा लोग यह भी मानने लगे थे कि सबक्छ बदल सकता है लेकिन राजनीति नहीं बदलती लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि आज स्थिति में बदलाव आया है और ईमानदार लोगों को भी राजनीति में जगह मिल रही है ईमानदारी और अच्छा कार्य करना आज की राजनीति के लिए पहली अनिवार्य शर्त बन गये हैं बाईट पीएम आज देश की जनता देश के नागरिक इतने जागरूक हुए हैं कि राजनीति में वो ईमानदार लोगों के साथ खड़े होते हैं ईमानदार लोगों को मौका देते हैं देश की सामान्य जनता ईमानदार समर्पित सेवाभावी राजनीति में आये हुए लोगों के साथ डटकरके खड़ी रहती है ऑनेस्टी और परफोर्मेस आज राजनीति की पहली अनिवार्य शर्त होती जा रही है और जो देश में जो जागरूकता आई है न उसने ये दबाव पैदा किया है भ्रष्टाचार जिनकी लिगेसी थी उनका भ्रष्टाचार ही आज उनपर बोझ बन गया है और ये देश की सामान्य नागरिक की जागरूकता की ताकत है वो लाख कोशिशों के बाद भी इससे उबर नहीं पा रहे हैं देश अब ईमानदारों को प्यार दे रहा है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने आज स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने कहा कि स्वामीजी समूची मानवता खास तौर पर यूवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत थे राष्ट्रपति ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के उपदेश सभी को प्रेरणा देते हैं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडु ने कहा है कि स्वामीजी असाधारण प्रतिभा वाले विद्वान के साथ साथ अनोखे वक्ता और सच्चे राष्ट्रवादी थे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने संदेश मे कहा है कि स्वामी विवेकानंद अपने विचारों और कार्यों से भारत की संस्कृति और चेतना का मूर्तिमान रूप थे श्री मोदी ने कहा कि स्वामीजी का भारतीय नौजवानों पर अटल विश्वास था इधर राजधानी पटना के रामकृष्ण मिशन आश्रम समेत प्रदेश भर में विभिन्न स्थानों पर युवा दिवस समाराहों का आयोजन कर स्वामीजी को याद किया गया राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य के सभी जिला अस्पतालों और अनुमंडलीय अस्पतालों में भर्ती रोगियों के लिए मूफ्त भोजन की व्यवस्था करने का निर्णय किया है इन अस्पतालों में रोगियों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए रसोई चलाने की जिम्मेवारी जीविका दीदियों को दी जायेगी अस्पतालों में ही सामूदायिक संगठन दीदी की रसोई के नाम से भोजनालय का संचालन करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी

मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक शत्रुघ्न कुमार मंडल ने बताया कि पर्वतीय इलाकों में हुई बर्फबारी और पछुआ हवा के रूख को देखते हुए अगले दो दिनों में ठंड में और बढ़ोतरी का पूर्वानुमान है

रोहतास जिले का डेहरी आज प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा जहां का न्यूनतम तापमान सात डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया प्रदेश कांग्रेस की अंदरूनी कलह अब मारपीट तक पहुंच गयी है प्रदेश मूख्यालय सदाकत आश्रम में नाराज पार्टी कार्यकर्ताओं का आज द्रसरे दिन भी हंगामा जारी रहा पार्टी के राज्य प्रभारी भक्त चरण दास की अध्यक्षता में किसान मोर्चा की बैठक के दौरान दो गुट आपस में फिर भीड़ गये एक दूसरे पर कुर्सायां फेंकी और हाथापाई की इस झड़प में कुछ लोगों को हल्की चोट भी आयी हैं हंगामे के कारण बैठक कुछ देर के लिए स्थगित कर दी गयी

वे संतानवे वर्ष के थे उन्होंने नवादा और रजौली विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी किया था राज्यपाल फागू चौहान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विभिन्न दलों के नेताओं ने सीपीएम नेता के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है कटिहार जिले में फसिया टोला इलाके में अतिक्रमण हटाने गये पूलिस बल पर असामाजिक तत्वों ने आज हमला कर दिया इस घटना में एक पुलिस कर्मी सहित चार लोग घायल हो गये उपद्रवियों ने जिला प्रशासन की कई गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर उच्चतम न्यायालय ने तीन नये कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगाई

कहा नई शिक्षा नीति राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण कदम इसमें युवाओं की समझ तथा सोच को प्राथमिकता दी गई है

और पछुआ हवा चलने से पूरा प्रदेश एकबार फिर ठंड की चपेट में